कहा बीमारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान और सुपर स्पेशयिलिटी केन्द्र बनेगा

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने आज मुजफ्फरपुर और आस पास के जिलों में दिमागी ब्रखार की स्थिति की समीक्षा की डॉक्टर हर्षवर्धन चार घंटे से अधिक समय तक मुजफ्फरपूर के जिला अस्पताल में रहे और विभिन्न वार्ड बाल चिकित्सा आईसीयू तथा दिमागी बुखार के इलाज से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों को देखा उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे तथा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और केन्द्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लम्बी बैठक की

मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर नब्बे हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान दिमागी बुखार से तेरह बच्चों की मौत की खबर है मुजफ्फरपुर में सौ से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा केजरीवाल अस्पताल में बीस नये मरीजों को भर्ती कराया गया है प्रदेश में भीषण गर्मी में बढ़ोतरी के साथ बेगुसराय पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी वैशाली और जहानाबाद जिलों में भी दिमागी बुखार और इससे मिलते जुलते लक्षण वाले नये मामलों की खबर है प्रदेश में लू लगने से औरंगाबाद गया शेखप्रा और नवादा जिले में पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान पैंसठ लोगों की मौत हो चुकी है लू लगने से औरंगाबाद के अलग अलग प्रखंडों में अड़तीस गया में अठारह नवादा में आठ और शेखपुरा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है सौ से अधिक लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है मृतकों में अधिकांश लोगों की उम्र साठ वर्ष से अधिक बताई जाती है औरंगाबाद से हमारे संवाददाता कमल किशोर ने बताया कि जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल समेत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य कोन्द्रों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं लू के मामले की जानकारी और पीड़ित लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए औरंगाबाद मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है लोग फोन नम्बर शून्य छह एक आठ छह दो दो तीन एक छह आठ पर फोन कर सकते हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज गया मेडिकल कॉलेज का दौरा कर अस्पताल के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीषण गर्मी और लू से हुई मौतों पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में दिमागी बुखार से हो रही मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल इस बीमारी से बच्चों की मौत होती है लेकिन सरकार लापरवाह बनी रहती है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र भीषण गर्मी और गर्म हवाओं की चपेट में हैं पटना औरंगाबाद गया भागलपुर सहित मध्य और दक्षिण बिहार के कई जिलों का तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया है गर्मी के कारण आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान पटना रहा जहाँ का अधिकतम तापमान पैंतालिस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं गया का अधिकतम तापमान चौवालिस दशमलव चार डिग्री और भागलपुर का इकतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के पूर्वानुमान में पटना गया और भागलपुर में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है भोजपुर जिले में भीषण गर्मी और तेज धूप के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शिक्षण कार्य उन्नीस जून तक स्थगित कर दिया गया है वहीं शेखपुरा जिले में शैक्षणिक कार्य तेईस जून तक बंद कर दिया गया है इधर अरवल में अठारह जून तक बेगूसराय में बाईस जून तक शिवहर में चौबीस जून तक और दरभंगा में पच्चीस जून तक स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रखने का आदेश जारी किया गया है निर्वाचन आयोग ने राज्य सभा की छह सीटों के लिए उप चुनाव की घोषणा कर दी है इन सीटों के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी होगी और पर्चे इस महीने की पचचीस तारीख तक भरे जा सकेंगे मतदान पांच जुलाई को होगा बिहार की एक सीट इसमें शामिल है आगामी इक्कीस जून को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम से पूर्व प्रदेश के विभिन्न जिलों में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं दरभंगा में आज योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल हुए इससे पूर्व पटना बांका और मुंगेर में भी इस तरह के योगाभ्यास के कार्यक्रम किये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में आज से पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गयी अरवल जिले के रामपूर चौरम थाना क्षेत्र के गोपालबिगहा में आज सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गयी वहीं एक अन्य घायल हो गया कटिहार के मनिहारी स्टेशन पर अधिक देर तक ट्रेन को रोकने से उग्र परिक्षार्थियों ने स्टेशन पर जम कर तोड़ फोड़ मचाई

कहा बीमारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान और सुपर स्पेशयिलिटी केन्द्र बनेगा

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी